सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने प्रत्याषी के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अम्बेडकर नगर में आज एक रैली को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि हम एक नए हिन्दुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की चर्चा करते हए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी संरकार ने श्रमिकों के हित में कई उपाय किये हैं प्रधानमंत्री ने आज कौशांबी और अयोध्या में भी एक जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कृषल नेतृत्व में गरीबों युवाओं महिलाओं और किसानों के लिये कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिसका सीधा लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है सीतापुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही देश की एकता और अखण्डता को बनाए रख सकती है उन्होंने नरेन्द्र मोदी के इस दावे को खारिज कर दिया कि एनडीए के सत्ता में आने से पहले देश में कोई विकास नहीं हुआ राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार दिलायेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही हैं अमेठी में उनका रोड़ शो का भी कार्यक्रम है फतेहपुर में गठबंधन के प्रत्याषी के पक्ष में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि लम्बे समय तक कॉग्रेस सत्ता में रही लेकिन दलितों और किसानों का भला नही हुआ किसानों की स्थिति खराब होती गयी अपने गलत नीतियों के कारण ही कॉग्रेस सत्ता से दूर हयी और अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है बाराबंकी में आयोजित सपा बसपा गठबंधन की एक संयुक्त रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेष यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने सम्बोधित कर अपने प्रत्याषी के पक्ष में वोट मांगा अखिलेष यादव ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण ही किसाना बर्बाद के कागार पर पहंच गया है लोकसभा चुनाव के चार चरण समाप्त हो गए हैं प्रदेष में पांचवें चरण के चौदह संसदीय सीटों पर छह मई छठे चरण की चौदह संसदीय सीटों पर बारह मई को और सातवे तथा अंतिम चरण की तेरह संसदीय सीटों पर उन्नीस मई को मतदान कराया जायेगा मतगणना इस महीने की तेईस तारीख को होगी निर्वाचन आयोग के महाराष्ट्र में वर्धा में भाषण के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत के बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है आयोग ने कहा कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी नेता आज़म ख़ान के चुनाव प्रचार करने पर अड़तालिस घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है श्री ख़ान के खिलाफ प्रतिबंध की यह कार्रवाई चुनाव अधिकारियों के विरूद्व भड़काने वाली टिप्पणी करने और साम्प्रदायिक बयान देने की वजह से की गई है सीमेंट और कोयला उत्पादन में बढ़ोत्तरी से देश में आठ प्रमुख औद्योगिक कोर सेक्टर में इस वर्ष मार्च में चार दशमलव सात प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई रिफाइनरी उत्पादों में इस वर्ष मार्च में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले चार दशमलव तीन प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई स्टील उत्पादन में मार्च में छह दशमलव चार प्रतिशत की वृद्धि और कोयला के क्षेत्र में नौ दशमलव एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजुहर को अतंर्राश्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के मामले पर विचार के लिए आज संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति की बैठक होने की संभावना है कल चीन ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अजहर को अतंर्राश्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का मामला सही ढंग से सुलझा लिया जाएगा अन्तर्राश्ट्रीय श्रम दिवस पर आज प्रदेष भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किये गये विभिन्न जिलों में इस मौके पर रैलियां निकाली गयीं तथा गोश्ठियों के आयोजन किये गये इस दिन को मजदूर दिवस अथवा मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इसका उद्देष्य अन्तर्राश्ट्रीय श्रम संगठनों को बढ़ावा देना है यह दिवस श्रमिकों के काम की अवधि आठ घंटे तक किये जाने के आन्दोलन की जीत के तौर पर भी मनाया जाता है राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राश्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और राज्यपाल राम नाईक ने इस अवसर पर कामगारों को बधाई दी है प्रदेष के सभी जिलों में इस समय भीशण गर्मी का सिलसिला जारी है तेज ध्रप और लू के चलने से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है ज्यादातर जिलों का तापमान चालिस से पैंतालिस डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है